इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत अपनी संप्रभूता सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेगा और आंतकवाद का मुंहतोड़ जबाब देगा सर्जिकल स्ट्राइक की वर्षगांठ पर मनाये गये पराकम पर्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश में शांति और उन्नति के माहौल को नष्ट करने का प्रयास करने वालों को हमारे सैनिक मुंहतोड़ जबाब देंगे श्री मोदी ने देश में लैगिंक समानता सुनिश्चित करने के बारे में कहा कि वायु सेना ने मिसाल कायम की है और अपने प्रत्येक विभाग में देश की बेटियों के लिये अवसर उपलब्ध कराये जा रहे है

प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से मन की बात पर एक परिचर्चा का प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से आज रात आठ बजकर बीस मिनट पर किया जायेगा

आज केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगी राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में निवाड़ी जिले में पृथ्वीपुर निवाड़ी और ओरछा तहसीलों को शामिल किया गया है ये प्रदेश का बावनवा जिला होगा

कार्यशाला का विषय मूल्यांकन एवं भावी कदमों का प्रकल्पन होगा वन्य प्राणी सप्ताह प्रदेश में कल से वन्य प्राणी सप्ताह शुरू हो रहा है वन मंत्री डॉ गौरीशंकर शेजवार मोपाल स्थित वन विहार में वन्य प्राणी सप्ताह का उद्घाटन करेंगे सप्ताह के दौरान प्रदेश में विद्यार्थियों के लिये वन्य प्राणी आधारित विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की जायेंगी

इस दौरान चित्रकला प्रतियोगिता और प्रदर्शनी होगी साथ ही पक्षी अवलोकन और जैव विविघता शिविर रंगोली प्रतियोगिता और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों और नागरिकों के लिये फोटोग्राफी कार्यशाला और प्रतियोगिता होगी इसके अलावा शिक्षक कार्यशाला स्कूली बच्चों के लिये जागरूकता एवं सुजनात्मकता कार्यशाला खुला वर्ग के लिये पाम पेंटिंग और मेंहदी प्रतियोगिता के साथ विद्यार्थियों के लिये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का सेमी फाइनल और फाइनल होगा मताधिकार जागरूकता शिवपुरी जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक किये जाने के लिये विभिन्न स्तरों पर कई कार्यकम आयोजित किये जा रहे है

उन्होंने कहा कि अपनी नैतिक जवाबदारी समझते हुए किसी प्रलोभन लालच और दबाब में आये बिना निर्भीक और स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए वहीं नरसिंहपुर जिले में भी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है मतदाताओं को मतदान में हिस्सा लेने के लिये प्रेरित करने के उददेश्य से आज जिला मुख्यालय पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया शाजापुर जिले में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कल साईकल रैली निकाली गयी सेमिनार राज्य में सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शिक्षा में गुणात्मक सुधार और शिक्षकों द्वारा नये नये प्रयोग किये जाने के उददेश्य से शाला सिद्धि हमारी शाला ऐसी हो कार्यकम चलाया जा रहा है इन शालाओं के श्रेष्ठ प्रस्तुतीकरण और विचारों को साझा करने के लिये भोपाल में आयोजित दो दिवसीय सेमिनार कल संपन्न हो गया

सबके लिये आवास योजना के तहत ऐसे नागरिक पात्र होंगे जिनके पास देश में अब तक कहीं भी आवास नहीं है